जहां तीन स्तरों पर ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है श्री कांताराव ने ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए कहा कि कुछ जिलों में दो दिन बाद जो ईवीएम पहुंची हैं उनमें मतदान नहीं किया गया था बल्कि वे अतिरिक्त मशीनें थी जिनका इस्तमाल किसी ईवीएम के खराब होने पर बदलने के लिये किया जाना था

कांग्रेस ईवीएम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कल नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात करेंगे इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्य में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पार्टी की शंकाओ से मुख्य चुनाव आयुक्त को अवगत कराया जायेगा वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस की शंकाओ पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए कांग्रेस ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना चाहती है इसलिये ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है

मीडिया से चर्चा करते हुए एडमिरल लांबा ने कहा कि भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों की वैश्विक समस्या को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मृतकों के प्रति श्रद्वांजली अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी से संपूर्ण विश्व का पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है गैस त्रासदी की बरसी पर भोपाल के सेंट्रल लायब्रेरी स्थित बरकतउल्ला भवन में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इसमें मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह के साथ ही सभी धर्मो के धर्मगुरू शामिल हुए इस दौरान त्रासदी में मारे गये लोगों को श्रद्धांजली दी गई

इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना सुनिश्चित करना इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भोपाल में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया इस मौके पर सीहोर में दिव्यांगजनों की खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई वहीं आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया उधर शिवपुरी में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किये गये वहीं ग्वालियर रायसेन नीमच धार से भी दिव्यांग दिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं एडवेंचर भोपाल मे कल से अंतर्राष्टीय स्तर का एडवेंचर नेक्स्ट का आयोजन किया जायेगा प्रदेश को पहली बार इस आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है

इससे पहले यह आयोजन जॉर्डन में किया गया था मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है दिसम्बर का माह शुरू होने के बाद भी लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है

भोपाल और इंदौर संभाग के जिलों में पारा सामान्य से अधिक और शेष संभागों में सामान्य रहे

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में हल्कि गिरावट शुरू होगी समाचार संक्षेप में बैतूल में मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं

कश्मीर से आये एक सौ पेंतीस छात्रों के एक दल ने आज सांची विश्व विद्यालय का भ्रमण किया